नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध पर नमामि देवी नर्मदे महोत्सव में श्री मोदी ने कहा हमारी संस्कृति में हमेशा माना गया है कि पर्यावरण की रक्षा करते हुए भी विकास हो सकता है इसका जीवंत उदाहरण अब केवडिया में देखने को मिल रहा है एक तरफ सरदार सरोवर बांध है बिजली उत्पादन के यंत्र है तो एकता नर्सरी बटरफलाई गार्डन ईको टूरिज्म इससे जुड़ी बहुत ही सुदर व्यवस्थाएं हैं सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई पिछले पांच वर्षों में एक सौ अड़तीस दशमलव छह आठ मीटर तक बढ़ाये जाने और इसमें पूरी क्षमता तक पानी भरने की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना से गुजरात के अलावा मध्यप्रदेश महाराष्ट्र और राजस्थान को भी लाभ मिलेगा सरदार पटेल ने जो सपना देखा था वो दशकों बाद पूरा हो रहा है और वो भी सरदार साहब की भव्य प्रतिमा के उन आंखों के सामने हो रहा है हमने पहली बार सरदार सरोवर बांध को पूरा भरा हुआ देखा है

श्री मोदी ने कहा कि सरदार सरोवर बांध को पूरा करने की सफलता का श्रेय लाखों लोगों को जाता है और अब यह लोगों की जिम्मेदारी है कि बांध के पानी का किफायती इस्तेमाल करें उन्होंने गुजरात में सरदार सरोवर बांध की नहरों के जाल का काम पूरा होने पर संतोष व्यक्त किया प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछल सौ दिनों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं और आगे भी लोगों की भलाई के लिए इसी गति से काम किया जाएगा

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री मोदी के अच्छे स्वास्थ्य खुशहाली और राष्ट्र सेवा के लिए श्मकामनाएं दी हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने कहा कि श्री मोदी के शानदार नेतत्व में लोगों ने नये भारत के रचनात्मक आदोलन को स्वीकार किया है गृहमंत्री अमित शाह ने अपने संदेश में कहा कि एक सुधारक के रूप में श्री मोदी ने न केवल राजनीति को नई दिशा दी बल्कि हम सभी को दशकों से लंबित समस्याओं का स्थाई समाधान दिलाकर गौरवान्वित किया कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने श्री मोदी के उन्हत्तरवें जन्मदिन पर उनके स्वास्थ्य प्रसन्नता और दीर्घाय् की कामना की है कांग्रेस नेता राहल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उन्हत्तरवें जन्मदिन पर बधाई दी है प्रदेश में भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जन्मदिन बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस उपलक्ष्य में राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कई मदरसों सहित विभिन्न स्थानों पर चिकित्सा शिविर लगाये गये हैं और भाजपा कार्यकर्ता सफाई कार्यों में हिस्सा ले रहे हैं राज्य सरकार में मंत्री आशुतोष टंडन ने शहर के पांडेयपुर इलाके में प्रधानमंत्री की उपलक्षियों पर आधारित प्रदर्शनी और ईएसआई अस्पताल में विशाल रक्तदान महाकुंभ का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया तमाम केन्द्रीय मंत्री और राज्य सरकार के मंत्री चिकित्सा शिविरों स्वच्छता अभियान कार्यक्रमों और दूसरे सामाजिक कार्यो में हिस्सा ले रहे हैं सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश में विभिन्न जिलों पीलीमीत बरेली मेरठ सम्भल हरदोई गोरखपुर और मऊ जिलों से भी प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाए जाने के समाचार मिले रहे हैं विश्वकर्मा जयंती आज प्रदेश भर में श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में ध्मधाम से मनायी जा रही है कल कारखानों निर्माण स्थलों तथा अभियंत्रिकी से जुड़े संस्थानों में आज सुबह भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गयी कारखानों में काम करने वाले लोगों ने अपने औजारों की भी पूजा की कई स्थानों पर पण्डालों में स्थापित भगवान विश्वकर्मा की मूर्तियों की भी पूजा अर्चना की गयी कुछ स्थानों पर शोभायात्रायें निकाले जाने की भी खबर है जबकि कुछ स्थानों पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले श्रमिकों को सम्मानित भी किया गया बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने आज कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि उसपर विश्वास नहीं किया जा सकता कल रात राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के सभी छः विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे कई ट्वीट संदेशों में मायावती ने इसे विश्वासघात बताते हुए कहा कि यह उस समय हो रहा है जब बी एस पी कांग्रेस को बिना शर्त बाहर से समर्थन दे रही है उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने विरोधियों और संगठनों के खिलाफ लड़ने के बजाय हमेशा उन दलों को नुकसान पहुंचाने का काम करती रही है जो इसके साथ सहयोग करते हैं